तेईस वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दर घटी

नयीं दरें एक जनवरी से होंगी लागू राज्य के शहरी क्षेत्रों में आज से पॉलीथिन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध

और पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य के विभिन्न भागों में ठंड में होगी तेजी

जीएसटी परिषद ने सत्रह वस्तुओं और छह सेवाओं पर जीएसटी की दर कम कर दी है ये नई दरे एक जनवरी से लागू की जायेंगी नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार बत्तीस इंच के सभी तरह के मॉनिटर और टीवी स्क्रीन वाहनों के कल पूर्जे रबर के रिसोल किये या पूराने न्यूमेटिक टायर लीथियम आयन के पावर बैंक डिजिटल फोटो वीडियो कैमरे और वीडियो गेम कन्सोल के साथ खेलों से जुड़े कुछ उपकरण दिव्यांगों के लिए उपयोगी सामान माल वाहक वाहनों पर थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम चलने की छड़ी नेचु्रल कॉर्क जैसे सामानों पर दर कम की गयी है इसके साथ ही छह सेवाओं जिनमें सौ रूपये से अधिक के सिनेमा टिकट पर अठारह प्रतिशत जबकि सौ रूपये तक की टिकट पर बारह प्रतिशत धार्मिक यात्रा पर वाली विशेष विमान सेवाओं पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा

जो आज आइटम्स थे वे एग्रीकल्चरल यूजर्स के लिए पुलीज ट्रांसमिशन सेट्स क्रेंक्स गेयर बॉक्सिज मॉनिटर्स एंड टेलिविजन स्क्रीन्स इसको रिवाइज क़िया है श्री जेटली ने कहा है कि विलासिता की वस्तुओं पर अठाईस प्रतिशत की दर से जीएसटी लगता रहेगा प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में आज से प्लास्टिक और पॉलीथिन की थैलियों के प्रयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लग जायेगा इस संबंध में वन और पर्यावरण विभाग ने अधिसूचना पहले ही जारी कर दी थी नगर विकास और आवास विभाग ने कहा है कि प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए दंडात्मक कार्रवाई भी की जायेगी विभाग के विशेष सचिव संजय दयाल ने बताया कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर न्यूनतम सौ रूपये से लेकर अधिकतम पांच हजार रूपये अर्थदंड का प्रावधान किया गया है उन्होंने कहा कि पहली बार उल्लंघन करने पर जुर्माना कम होगा जबकि दूसरी और तीसरी बार पकड़े जाने पर जुर्माने की राशि बढ़ती जायेगी इसके लिए नगर निकायों में सिटी टास्क फोर्स का गठन किया गया है प्राप्त जानकारी के अनुसार किसी भी आकार और मोटाई के प्लास्टिक कैरी बैग के निर्माण आयात भंडारण वितरण विक्रय परिवहन और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है राज्य के सांसद और विधायक से जूड़े न्यायिक मामलों की सुनवाई अब पटना की विशेष अदालत में न होकर जिलों के न्यायालयों में किये जायेंगे सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद पटना उच्च न्यायालय ने जारी निर्देश में कहा है कि जिन जिलों में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है उसी स्थान पर इसकी सुनाई की जायेगी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय ने डिजिटल डिग्री देनी शुरू कर दी है कुलपति डॉक्टर अमरेन्द्र नारायण यादव ने बताया कि यह राज्य का पहला विश्वविद्यालय है जिसने छात्रों को यह डिग्री देनी शुरू की है उन्होंने कहा कि पोर्टल पर वर्तमान सत्र के छात्रों की डिग्री को अपलोड कर दिया गया है केन्द्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा है कि गांवों में अब शहर जैसी सुविधांए मिलेगी उन्होंने कहा कि किसानों को आसानी से रासायनिक उर्वरक उपलब्ध कराने के लिये इफको बाजार को खोला गया है श्री सिंह ने कहा कि इफको बाजार में किसानों को सस्ते दाम पर रासायनिक उर्वरक मिलेगा साथ ही किसानों के खेतों की मिट्टी जांच की सुविधा भी उपलब्ध होगी कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि केन्द्र सरकार की ओर से चयनित राज्य के तेरह जिलों में किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र देने के लिए लगभग बत्तीस करोड़ रूपये की राशि मंजूर की गयी है उन्होंने कहा कि अगले वर्ष के अन्त तक राज्य के सभी हिस्सों में कृषि फीडर से बिजली की आपूर्ति की जाने लगेगी श्री कुमार कहा कि समस्तीपूर में एक करोड़ रूपये की लागत से ई किसान भवन बनाया गया है इसके साथ ही राज्य में जैविक खेती और बदलते मौसम के अनुरूप की जाने वाली खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है राज्य में अगले वर्ष एक जनवरी से दो ग्रामीण बैंक ही काम करेंगे इसके पूर्व तीन ग्रामीण बैंक काम कर रहे थे बिहार ग्रामीण बैंक की सभी शाखाओं का मध्य बिहार ग्रामीण बैंक में विलय कर इसका नाम दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक कर दिया गया है वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के अनुसार राज्य के अठारह जिलों में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक जबकि समस्तीपुर बेगूसराय सहित बीस जिलों में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक काम करेगा प्रदेश में पछुआ और उत्तर भारत से आने वाली ठंडी हवा के कारण सर्दी के साथ कनकनी बढ़ गयी है जिससे कड़ाके की ठंड पड़ रही है राज्य के कई क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान पांच से छह डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच गया है मौसम विभाग के अनुसार आज से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय हो जाने के कारण ठंड में और बढ़ोतरी होने की संभावना है उधर गया कल प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा जहां का न्यूनतम तापमान पांच डिग्री सेल्सियस रहा जबकि पटना का न्यूनतम तापमान आठ डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया पटना गया और आस पास के क्षेत्रों में सुबह के समय अगले दो दिनों तक घना कोहरा छाये रहने की सम्भावना है जिसके कारण सड़क और रेल यातायात के साथ साथ विमानों की आवाजाही भी प्रभावित होने की आशंका जतायी गयी है बिहार में एनडीए के घटक दलों भाजपा जदयू और लोजपा के बीच लोकसभा की चालीस सीटों के बंटवारे को लेकर आज औपचारिक घोषणा होने की सम्भावना है सूत्रों ने बताया कि भाजपा के वरिष्ठ नेता अरूण जेटली और लोजपा नेताओं के बीच बातचीत के बाद सीटों के बंटवारे का मामला सुलझा लिया गया है गौरतलब है कि लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने भाजपा से सीटों के बंटवारे को लेकर इकतीस दिसम्बर तक निर्णय लेने को कहा था दरभंगा जिले में विश्वस्तरीय एयरपोर्ट का शिलान्यास कल केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे पहले चरण में इसे घरेलू उड़ानों के लिए इसे विकसित किया जा रहा है अगले साल जून तक एयरपोर्ट के पूरी तरह तैयार होने की सम्भावना है पटना जिले के नौबतपूर थाना क्षेत्र में एक सड़क दूर्घटना में दो लोगों की मौत हो गयी जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये मूजफ्फरपूर जिले के ब्रहमपूरा थाना क्षेत्र के लक्ष्मी चौक के पास रसोई गैस सिलेंडर से एक घर में आग लग जाने से पांच लोग गंभीर रूप से झूलस गये झूलसे लोगों को श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है सीतामढ़ी जिले के नगर थाना क्षेत्र के जानकी स्थान के पास एक निजी कंपनी के कार्यालय से अपराधियों ने एक लाख पचहत्तर हजार रूपये लूट लिये वहीं सारण जिले के दरियापूर थाना क्षेत्र के बनवारीपूर चंवर के पास अपराधियों ने एक द्रकानदार से पचहत्तर हजार रुपये लूट लिये पुलिस मामलों की जांच कर रही है औरंगाबाद जिले के हसपुरा प्रखण्ड के पांच पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया है बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल थाना के खरहट गांव से उत्पाद विभाग की टीम ने पांच सौ साठ बोतल विदेशी के साथ दो महिला शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया है नौवीं राज्य सीनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता का फाइनल मैच आज पटना सिटी में पूर्व मध्य रेलवे और पटना के बीच खेला जायेगा पूर्व मध्य रेलवे ने सीवान को शून्य के मुकाबले नौ गोलों से और पटना ने पूर्णियां को एक गोल से पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया है उधर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में दो दिवसीय थ्रो बॉल प्रतियोगिता राजधानी पटना में आज से शुरू हो रही है राज्य में बिजली के तार की चपेट में पश् पक्षियों के आने पर भी बिहार विद्यत विनियामक आयोग अनुदान देगी जिसमें गाय भैंस और ऊंट की मौत पर तीस हजार जबकि भेड़ बकरी के मौत पर तीन हजार रूपये मिलेंगे और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने जीएसटी की खबर को अपनी सुर्खी बनाया है इसके साथ हि हिन्दुस्तान ने लिखता है आज से पॉलीथिन के इस्तेमाल पर जुर्माना दैनिक जागरण ने लिखा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बयान बाधाएं पार कर तत्काल तलाक कानून बनायेंगे दैनिक भास्कर ने आज पटनावासियों के साथ दौड़ेंगी फातिमा सना शेख को बड़ी खबर बनाया है प्रभात खबर ने बिहार लोक सेवा आयोग के परिणाम पर लिखा है पांच सौ इक्यासी सफल राज रोहित को मिली पहली रैंक अखबार आज ने क्रिकेट की खेल को पहले पन्ने पर जगह देते हये शीर्षक दिया है आईसीसी की बीसीसीआई को धमकी अखबार ने फर्जी दारोगा चढ़ा पुलिस के हत्थे को भी बड़ी खबर बनाया है

नयीं दरें एक जनवरी से होंगी लागू राज्य के शहरी क्षेत्रों में आज से पॉलीथिन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध

और पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य के विभिन्न भागों में ठंड में होगी तेजी